वहीं प्रदेश के कई जिलों का बदला मौसम

इसके मददेनजर चुनाव प्रचार चरम पर है प्रचार के अंतिम दिन आज कई नेता प्रचार रैलियां करेंगे केन्द्रीय मंत्री उमा भारती सागर के पथरिया और केरवना में पार्टी प्रत्याशी प्रहलाद पटेल के समर्थन में चुनावी सभा करेंगी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के बरेली तेन्द्खेडा और गाडरवाडा में राव उदय प्रताप सिंह के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे सांसद फग्गनसिंह कुलस्ते बैतूल लोकसभा के पार्टी प्रत्याशी दुर्गादास उइके के समर्थन में विभिन्न क्षेत्रों में रैली करेंगे वहीं केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह कल गुना और देवास में चुनावी सभा करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल इंदौर उज्जैन और भोपाल में जनसभा को संबोधित करेंगे इसके साथ ही कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी प्रदेषभर में रैलियों को संबोधित करेंगे कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मुरैना में प्रचार करेंगे

उन्होंने ने केंद्र सरकार पर निषाना साधते हुए कहा कि देश की जनता को लगा था कि मोदी जी किसानों मजदूरों और छोटे दुकानदारों को लाभ देंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ दूसरी तरफ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ब्रैतल और मुलताई में सभाएं की श्री गडकरी ने कहा कि आजादी के बाद की सरकारों ने किसानों और गांवों के लिए कोई नीति नहीं बनाई जिसके कारण आज गेहूं सस्ता और बिस्कूट महंगा है भाजपा उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री षिवराज सिंह चौहान ने बैतूल के घोंडाडोंगरी में कहा कि कांग्रेस के पास ना विजन है ना उसके नेताओं की बातों में वजन है कांग्रेस के पास किसान कर्जमाफी का कोई उपाय नहीं है ये जोरशोर से बता रहे हैं कि हमने कर्जमाफी कर दी है और इधर किसान कर्ज से परेशान होकर आत्महत्याएं कर रहे हैं फोनी ओड़िसा के तटवर्ती जिलों में व्यापक तबाही के बाद चक्रवात फेनी ने पश्चिम बंगाल के खड़गप्र में दस्तक दी है नब्बे किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चक्रवात उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ रहा है इसके आज शाम साठ से सत्तर किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से बंगलादेश तट से टकराने की आशंका है फोनी कल सुबह लगभग आठ बजे ओडिशा के पुरी तट पर पहुंचा और कई घंटे तक बना रहा इसके असर से भारी बारिश हुई पेड़ उखड़ गए और राज्य में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई

उधर हावड़ा चेन्नई मार्ग पर दो सौ बीस ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया वहीं भुवनेश्वर हवाई अड्डे से उड़ाने आज दोपहर एक बजे से शुरू हो जाएंगी मध्य प्रदेष में भी मौसम में बदलाव देखा जा रहा है सतना जिले में तेज हवा के साथ ओले गिरे और बारिष हई प्रदेष के आज होशंगाबाद बैतूल छिंदवाड़ा रायसेन नरसिंहपूर सागर छतरपूर टीकमगढ़ पन्ना दमोह सतना रीवा सिंगरौली शहडोल उमरिया कटनी जबलपुर सिवनी मंडला और बालाघाट में आंधी बारिश और ओले गिरने की संभावना है

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ सुदाम खाड़े ने कहा कि कतिपय व्यक्तियों समूहों असामाजिक तत्वों के द्वारा व्हाटसप फेसबुक ट्वीटर इस्टाग्राम तथा अन्य इलेक्ट्रानिक डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर व्यक्ति या व्यक्तियों के समुहों के संदर्भ में अनर्गल टिप्पणी की जाने की आषंका है सोषल मीडिया में अशोभनीय एवं तथ्यों से परे टिप्पणी की जाकर समाज में विद्वेष की भावना से जनजीवन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने की संभावना है

इसके मददेनजर जिला पंचायत ग्वालियर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और स्वीप प्लान के नोडल अधिकारी शिवम वर्मा के निर्देशन में जिलेभर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जनपद पंचायत घाटीगाँव में सीईओ जनपद पंचायत बी एस हँस के मार्गदर्शन में जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में मोटर साइकिल और साइकिल रैली का आयोजन किया गया वहीं खण्डवा में कल ग्राम केशवधाम आश्रम खण्डवा में उपस्थित नागरिकों को मतदान की शपथ दिलाई गई नीमच जिले में मतदाता जागरुकता अभियान के अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया जिले में कल से आठ मई तक ग्रामस्तर पर सेल्फी विद बूथ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है

उज्जैन होषंगाबाद चित्रकूट आदि स्थानों पर हजारों की संख्या में श्रद्वालु स्थान कर रहे हैं होषंगाबाद के नर्मदाघाटों पर प्रषासन ने विषेष व्यवस्था की है

आईपीएल आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात किंग्स इलेवन पंजाब को सात विकेट से हरा दिया

बीएड बीएससी बीएड और बीएबीएड पढ रहे इन छात्रो का चयन टीजीटी पद के लिए हुआ है

प्रस्तुति के केन्द्र में महाराष्ट्र का ग्रामीण जीवन रहा